मुख्यमंत्री ने सिराज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की वीडियो कांफ्रेंसिंग कोरोना से निपटने में लोगों को जागरूक करने का किया आहवान

और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने लोगों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंपा ज्ञापन

मुख्य सचिव अनिल खाची ने इस संबंध में प्रशासनिक सचिवों सभी जिला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और विभागाध्यक्षों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए है इसके तहत कल से राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थान काम करेंगे और कृषि व बागवानी से संबंधित गतिविधियां भी जारी रहेंगी साथ ही मोबाइल सहित अन्य आईटी रिपेयर से संबंधित दुकानें सप्ताह में दो बार खुलेंगी जिनके खुलने की अवधि स्थानीय प्रशासन तय करेगा आदेशों में कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी वाहन कर्फ्यू पास व परमिट पर ही चलेंगे व सरकारी वाहनों में चालक के अलावा तीन लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी इसमें यह भी साफ किया गया है कि स्थानीय श्रमिकों से ही उत्पादन करना होगा और कामगारों की बाहरी राज्यों से आने की कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए आदेशों में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में ये रियायतें नहीं दी जाएगी और वहां पर पूर्व की भांति कर्फ्यू लागू रहेगा इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र में कोरोना के मामलें आते हैं तो वहां इन रियायतों को वापिस ले लिया जाएगा

इसमें नगर निगम व नगर निकायों की सीमा से बाहर सड़कों सिंचाई परियोजनाओं भवन और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू होगा वहीं मनरेगा के तहत भी फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के साथ काम किए जाएंगे उन सभी होटलों होम स्टे और मोटल आदि को भी चलाने की अनुमति होगी जहां पर लॉकडाउन के कारण पर्यटक फंस गए थे लॉकडाउन के कारण तीन मई तक कई गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी जिनमें सुरक्षा को छोड़कर सभी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रेल यात्रियों की आवाजाही सार्वजनिक यातायात की बसें और चिकित्सा कारणों को छोड़कर जिला व राज्य से बाहर की आवाजाही शामिल हैं प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान सिनेमा थियेटर और धार्मिक संस्थान भी बंद रहेंगे दो पहिया निजी वाहन में एक व चार पहिया निजी वाहनों में दो लोगों की अनुमति होगी और इस दौरान टैक्सियां नहीं चलेगी

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से आम जनता को जागरूक करने का भी आग्रह किया ताकि इस वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोका जा सके

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से फेस मास्क बनाने और उन्हें वितरित करने के लिए आगे आने का आहवान किया ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जा सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार के सामाजिक व धार्मिक समारोह से परहेज करने के लिए लोगों को प्रेरित करें और किसानों को खेतों में काम करते हुए भी सामाजिक दूरी का पालन करने के प्रति जागरूक करें

ये बात सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन में कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए गठित समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ये जरूरी है कि लोग न केवल सरकारी निर्देशों का पालन करें बल्कि अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि नियमों की अनुपालना में कोताही न हो

कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है

ऊना कोरोना जिला ऊना के अंब उपमंडल की राजपुर जस्वां पंचायत में बीते कल एक कोरोना पॉजिटिव मामले के उजागर होने के बाद ज़िला प्रशासन ने इस पंचायत को सील कर दिया है उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि इस पंचायत क्षेत्र में लोगों के घरों से बाहर निकलने और निजी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उनके घरद्वार पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है

उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या को देखते हुए ज़िले में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा कांग्रेस ज्ञापन कांग्रेस के विधायकों ने आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की और प्रदेश में कर्फ्यू के कारण लोगों को आ रही समस्याओं पर एक ज्ञापन सौंपा

उन्होंने कहा कि जब राजस्थान के कोटा से छात्र और उत्तराखंड से श्रद्वालु गुजरात भेजे जा सकते है तो बाहर फंसे प्रदेश के अन्य लोगों को सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसानों बागवानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज़ दिया जाना चाहिए और प्रदेश के होटल ट्रांसपोर्टर व बैंकों से ऋण लेकर कर काम कर रहें अन्य व्यवसायियों को भी आर्थिक राहत दी जानी चाहिए इस प्रतिनिधि मंडल में प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और अन्य विधायक मौजूद रहें

ज्ञानशाला कोरोना वायरस की रोकथाम के मददेनजर लागू कर्फ्यू के दौरान प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद है

इसके अलावा जिन लोगों के पास डीटीएच डिश हैं उस पर भी शिमला दूरदर्शन की सुविधा है